अब तक एक लाख चौंतीस हजार नवासी मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुले नाईट कर्फ्यू का प्रावधान भी हुआ समाप्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर अभूतपूर्व सेवा की है बाईट पीएम गरीबों को शौचालय देने वाला अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो माताओं बहनों को लकड़ी के धूंए से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है सकारात्क काम किया है महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जयप्र में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक तथा शिक्षक होते हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था

एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है प्रतिदिन चलती है इसमें बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि एक मकान के निर्माण के दौरान उसमें पुस्तकों के लिए भी अलग जगह रखी जानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए बाईट पीएम आज टेक्स और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए और मैं हर परिवार से आग्रह करता हूं कि घर की रचना के समय आर्किटेक्चर को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी हो जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी हों और परिवार का हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए किताबों को हाथ लगाए एक आध दो पेज एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है बाईट पीएम आज हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं मुझे खूशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है

ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से बारह प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार नौ सौ चौवालीस रोगियों को उपचार के बाद छ्ट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख चौंतीस हजार नवासी हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों में चार लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सात सौ पैंसठ हो गया है द्रसरी तरफ आज कोविड उन्नीस के एक हजार छह सौ सड़सठ नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पचास हजार छह सौ चौरानवे हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ आठ मामले पटना से सामने आये हैं पूर्णिया से एक सौ उनतीस अररिया से एक सौ बीस भागलपुर से छियानवे पूर्वी चंपारण से अड़सठ और मुजफ्फरपुर से पैंसठ मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सत्रह हजार सात सौ सतासी है देश में अब तक कोविड उन्नीस से लगभग तैंतीस लाख चौबीस हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक तिहत्तर हजार पांच सौ से अधिक मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने का प्रतिशत सतहत्तर दशमलव छह पांच हो गया है वहीं इसी अवधि में पचहत्तर हजार आठ सौ नौ नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बयालीस लाख अस्सी हजार चार सौ तेईस हो गई है एक दिन में एक हजार एक सौ तैंतीस मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर बहत्तर हजार सात सौ पचहत्तर हो गया है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक चार के दिशा निर्देश प्रदेश में लागू हो गये हैं कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा अनलॉक चार के प्रावधानों के लागू होने के साथ ही आज से राज्य में धार्मिक स्थल मॉल और पार्क आम लोगों के लिए खोल दिये गये हैं रेस्त्रां और होटल में बैठकर खाने की सुविधा शुरू हो गयी है इसके अलावा नाईट कर्फ्यू का प्रावधान भी समाप्त हो गया है वहीं फल सब्जी और मांस मछली विक्रेताओं के लिए निर्धारित समय सीमा की बाध्यता भी खत्म कर दी गयी है दिशा निर्देशों के अनुसार इक्कीस सितम्बर से सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और अन्य आयोजनों में अधिकतम सौ लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान तीस सितम्बर तक बंद रहेंगे हालांकि इक्कीस सितम्बर से अभिभावकों की सहमति के बाद कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों को शिक्षकों से परामर्श लेने के लिये विद्यालय जाने की अनुमति दी गयी है सिनेमा घर स्वीमिंग पुल थियेटर और मनोरंजन पार्क को इस महीने के अंत तक खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है लगातार तीन दिनों तक चली पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अभिनेत्री का भाई पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि यह सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की दिशा में पहला कदम है उन्होंने कहा कि रिया चक्रवती का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है बिहार विधान सभा चुनाव से पहले जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है जदयू के प्रधान महासचिव के सी त्यागी ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कभी भी गठबंधन नहीं रहा है ऐसे में अगर लोजपा अलग से चुनाव लड़ना चाहती है तो यह उनका फैसला होगा श्री त्यागी ने कहा कि जदयू और भाजपा का गठबंधन मजबूत है और दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे इधर लोक जनशक्ति पार्टी ने बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि जदयू ने खूद अपनी स्थिति साफ कर दी है पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि लोजपा का उद्देश्य सिर्फ बिहार को आगे ले जाना है गौरतलब है कि कल लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी ने विधान सभा की एक सौ तैंतालीस सीटों पर दावेदारी जतायी थी पटना और आरा को जोड़ने वाली कोईलवर पुल का उत्तरी लेन पन्द्रह सितम्बर से तेईस अक्टूबर के बीच प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को बंद रहेगा पुल पर गाड़ियों की आवाजाही मंगलवार और शुक्रवार को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगी पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है अब मुखिया पीएफएमएस के माध्यम से भूगतान करेंगे चेक से भूगतान नहीं होगा पंचायती राज विभाग ने इसके लिए मुखिया को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों को खारिज किया है जिसमें प्रधानमंत्री कन्या आयुष योजना के अंतर्गत सभी लड़कियों के नाम से दो हजार रुपये दिये जाने का दावा किया जा रहा है पीआइबी ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की कोई योजना केन्द्र सरकार नहीं चला रही है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है राज्य के उत्तर पूर्व हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गयी गलगलिया में सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश हुई है ठाकुरगंज में सात सेंटीमीटर और तैयबपुर तथा कटिहार में छह छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर वजपात की संभावना है

पुलिस ने बताया कि ईशोपुर स्थित चापाकल फैक्ट्री में हथियार बनाने की सूचना के बाद छापेमारी की गयी मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगरी बाजार से पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर संचालक समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में इक्कीस लोगों को गिरफ्तार किया है बक्सर में सात महिलाओं समेत नौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है वहीं सहरसा और कटिहार से तीन तीन सुपौल तथा अररिया से दो दो और जमुई तथा मुजफ्फरपुर से एक एक व्यक्ति को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरारी गांव के पास अपराधियों ने अधिवक्ता हरेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भरूब गांव में बम विस्फोट की घटना में एक महिला और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में नवनिर्मित शौचालय की टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान दो भाई की दम घुटने से मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में आरपीएफ की टीम ने रेल आरक्षण एजेंटों के दुकानों पर छापेमारी की है इस दौरान ई टिकट की कालाबाजारी के आरोप में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अहियापुर थाना में पदस्थापित एक दारोगा और तीन कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेढ़ा गांव में आपसी विवाद में एक महिला की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डपरखा गांव में एक बस के पेड़ से टकरा जाने के कारण चालक समेत दस लोग घायल हो गये खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है

अब तक एक लाख चौंतीस हजार नवासी मरीज हो चुके हैं स्वस्थ प्रदेश में लागू हुए अनलॉक चार के दिशा निर्देश

नाईट कर्फ्यू का प्रावधान भी हुआ समाप्त